लोकसभा का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिये हुआ स्थगित अध्यक्ष ने बताया इसे एतिहासिक

भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन हो गया है कल देर रात श्रीमती स्वराज को उनके आवास पर दिल का दौरा पडा जिसके बाद उन्हें त्रंत एम्स अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें वेन्टीलेटर पर लेकर बचाने के प्रयास किये लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका कल लोकसभा में जम्मू कश्मीर पर विधेयक और संकल्प पारित होने के बाद श्रीमती स्वराज ने आखिरी टिवीट किया था कि प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंनदन मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी इस द्वीट के कुछ घंटे बाद ही श्रीमती स्वराज को हार्टअटैक आया था श्रीमती स्वराज का पार्थिव शरीर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दर्शनार्थ रखा जायेगा उसके बाद दिल्ली के लोदी रोड स्थित शवदाह गृह में श्रीमती स्वराज का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जायेगा श्रीमती स्वराज के निधन से देश में शोक की लहर है सुषमा स्वराज के निधन की खबर मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्द्वन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर सहित कई केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता एम्स पहुंचे थे गौरतलब है कि श्रीमती स्वराज के गुर्दो का करीब तीन वर्ष पहले प्रत्यारोपण किया गया था हालांकि वो उससे उबर गई थी

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि उनके निधन से भारतीय राजनीति के गौरवशाली अध्याय का अंत हो गया है श्री मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्रीमती स्वराज का निधन उनके लिये व्यक्तिगत क्षति है उन्हें देश के लिये किये गये प्रत्येक कार्यो के लिये हमेशा याद किया जायेगा वो एक प्रखर वक्त और उच्च कोटी की सांसद थी वहीं देश विदेश की राजनैतिक हस्तियां और राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी श्रीमती स्वराज के निधन पर शोक संदेश मेजे है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के संसद में पारित होने को महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि राज्य में अब एक नई सुबह का इंतजार किया जा रहा है

राज्यसभा ने इसे परसो ही पास कर दिया था

उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर हमेशा ही भारत का ही अंग रहेगा गृहमंत्री ने कहा कि यह प्रस्ताव लाकर एनडीए सरकार ऐतिहासिक भूल नहीं कर रही बल्कि ऐतिहासिक भूल को सुधार रही है वे इस बारे में एआईएमआईएम को असद्द्दीन ओवैसी की टिप्पणी का जवाब दे रहे थे लद्दाख से भाजपा सांसद जाम्यांग नामग्याल ने कहा कि यह कदम पिछली भूलों का सुधार है उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि सरकार लद्दाख के लोगों की भावनाओं को सुन रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जामयांग नामग्याल के भाषण के लिए उनकी प्रशंसा की प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सांसद ने अपने भाषण में इस क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को सुसंगत ढंग से प्रस्तृत किया है

निवेश में बढ़ोतरी होगी जिससे राज्य का विकास होगा उन्होंने कहा कि विघेयक से जम्मू कश्मीर में पर्यटन और रोजगार बढ़ेगा लोकसभा को निर्घारित समय से पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया जम्मू कश्मीर से जुड़े संकल्प और विधेयक के पारित हो जाने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने कल इसकी घोषणा की

जोधप्र के लोहावट के जाटावास प्लाणियों की ढाणी में रिश्तेदार के खेत में घ्रसे मवेशी को लेने गई महिला को जेठ देवर और देवर के पूत्र ने लाठी डण्डों से पीट दिया हाथ से दिव्यांग पति ने पत्नी को बचाने का प्रयास किया लेकिन आरोपी काफी देर तक उसे पीटते रहे मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई प्रलिस ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है अजमेर के सावर में खारी नदी में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई जबकि चार अन्य को बचा लिया गया जांच अधिकारी ने बताया कि कल क्षेत्र में करीब पांच बजे भारी बारिश के बाद सात स्कूली बच्चे खारी नदी का पानी देखने के लिए गोपालपुरा गांव में पहुंचे थे वे नदी बहाव क्षेत्र की ओर चल गये जिससे अचानक पानी बढ़ने से वे उसमें डूब गये

इस कार्यक्रम में राज्य में कौशल विकास और रोजगार विषय पर आरएसएलडीसी के प्रबंध निदेशक डॉ समित शर्मा श्रोताओं से सीघे रूबरू होंगे

प्रदेश में जयपुर सहित कई स्थानों पर कल भी जमकर बारिश हुई जयपुर में दोपहर से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो देर शाम तक जारी रहा

हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार मूसलाधार बारिश से शहर की निचली बस्तियों में पानी मर गया अच्छी बारिश से प्रदेश के कई बांधों मे पानी की आवक जारी है बीसलपुर बांध धीरे धीरे अपनी मराव क्षमता की ओर बढ़ रहा है

पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद महकमे की चिंता की लकीरे भी फिलहाल कम हो गई हैं क्योंकि मानसून के आने से पहले बांध में अगस्त तक का ही पानी बचा था जिसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आपात योजना बनाने के लिए अतिरिक्त बजट की घोषणा करनी पड़ी थी